बाघों की संख्या बढ़कर हुई पांच सौ छब्बीस लालजी टंडन ने प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला

कई जगह बाढ़ जैसे हालात

इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है उन्होंने बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश को सर्वाधिक बाघ वाले राज्य का दर्जा मिलने पर खूशी जाहिर की है इसके लिए उन्होंने सभी टाइगर रिज़र्व की प्रबंधन टीम को बधाई दी है बाघ दिवस पर भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम पुरानी विधानसभा स्थित मिण्टो हाल में आयोजित किया जा रहा है यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाघों की कहानी मुन्ना की जुबानी पुस्तिका का विमोचन किया इस दौरान वन रक्षक सुमेरीलाल यादव सतपुड़ा लैण्डस्केप टाइगर पार्टनरशिप हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जिले में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सत्तर बाघ हैं इसके अलावा बांधवगढ़ से सटे जैसिंह नगर और ब्यौहारी के जंगल में पन्द्रह बाघों का विचरण देखा गया है वहीं उमरिया में विश्व बाघ दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस दौरान मध्यप्रदेश को बाघ स्टेट घोषित करने पर हर्ष व्यक्त किया गया

राज्यपाल शपथ प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टण्डन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल को मुख्यमंत्री मंत्री और वरिष्ठ नेताओं तथा अधिकारियों ने पृष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनायें दीं श्री टण्डन इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है पीआईबी कार्यशाला पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा झाबुआ में आज मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया पुलिस अधीक्षक विनीत जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि समाचारों को सोशल मीडिया सहित किसी भ ी प्लेटफार्म पर साझा करने से पहले हमे उसकी पृष्टि कर लेनी चाहिए कार्यशाल में पीआईबी भोपाल के संयुक्त निदेशक अखिल कुमार नामदेव ने कहा कि पीआईबी भारत सरकार का अधिकृत प्रवक्ता है श्री नामदेव ने कहा कि मीडिया सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी है जो सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही पत्रकार कलयाण योजना के बारे में पत्रकारों को विस्तार से बताया श्री नामदेव ने आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि योजना मुद्रा योजेना उज्ज्वला योजना उजाला योजना जैसी योजनाओं के बारे में भी प्रकाश डाला कर्नाटक विश्वासमत कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने विधानसभा में विश्वासमत ध्वनिमत से जीत लिया है जीत के बाद श्री येदियुरप्पा ने सदन में अनुदान मांगों के साथ विनियोग विधेयक पेश किया उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति नहीं करेंगे और क्षमा करने के सिद्दान्त पर काम करेंगे उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन तंत्र जर्जर हो चुका है और उनकी प्राथमिकता इसे फिर से पटरी पर लाने की होगी द्ष्कर्म फांसी होशंगाबाद जिले के पिपरिया में नाबालिग का अपहरण कर दृष्कर्म और हत्या के दोषी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है प्रथम सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाये गये दीपक किरार को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है

इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के शिवमंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां तड़के भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्जना की गई इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्दालू मौजूद थे यहां महाकाल की दूसरी शाही सवारी ध्रमधाम से निकाली गई खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भी भगवान की शाही सवारी निकाली जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी वहीं आगर मालवा जिले में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त शिवालयों में भोलेनाथ की अराधना कर रहे हैं उधर विदिशा में अच्छी बारिश की कामना करते हुए चौरासी तीर्थों की नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया रायसेन जिले के बेगमगंज में आज लगातार पांचवें वर्ष भी कांवड़यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में कांवड़िये शामिल हुए

मौसम पिछले दो दिनों से जारी बारिश के चलते राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन गई है शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कालापीपल के खोकरांकलां गांव में बाढ़ के हालत बनने के बाद बचाव दल और प्रशासन के दस्ते ने ग्रामीणों को नावों की मदद से बाहर निकाला